आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हये श्रीप्रसाद ने कहा कि श्री गांधी झूठ का सहारा लेकर राष्ट्र को ग्मराह कर रहे है

श्री प्रसाद ने कहा कि श्री गांधी ने एनडीए सरकार पर यह भी झूठा आरोप लगाया है कि विशेष श्रमिक रेलगाडियों पर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों से किराया लिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार कई बार स्पष्ट कर च्की है कि प्रवासियों को कोई किराया नहीं लिया जा रहा

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है कि जिनमें कहा गया है कि सभी राज्यों को स्क्ल खोलने की अनुमति दी है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया इसने कहा है कि पूरे देश में अभी भी शैक्षणिक संस्थान खोलने की मनाही है उधर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने देश में कोई शिक्षण संसथान खोलने की इजाजत नहीं दी है श्री रेडडी ने एक टवीट में कहा कि इस बारे मे किसी भी झूठी और अविश्वसनीय खबर पर विश्वास न किया जाये केन्द्र ने राज्यों को कहा है कि विदेशो से आये भारतीय से होटलों द्वारा संगरोध के लिए वसूल कियागया सात दिन का अतिरिकत् शुलक वापस करवाया जाये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों जिनमें कहा कहा गया है कि विदेशों में आये लोग सात दिन के लिए होटल और सात दिन के लिए अपने घर मे एंकातवास मे रहेंगे के बाद यह आदेश दिया गया है

केन्द्रीय गृह सचिव अयज भल्ला ने इस खबरों के बीच कि क्छ होटल सात दिन का पैसा रिफंड करने से इन्कार कर रहे है राज्य के म्ख्य सचिवों को यह आदेश दिया गया है

हमारे संवाददाता ने बतायािक आज इन श्रमिक रेलगाडियों में जाने लिए आई एक महिला गर्भवती प्रवासी महिला को प्रसवपीड़ा होने के कारण पुलिस द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है

उपायुक्त आर के सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि सभी श्रमिकों को जाने से पहले डॉक्टरी जांच की गई और उन्हें पानी व खाने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया उन्होंने बताया कि श्रमिकों ने उन्हें घर भिजवाने के लिए खुशी का इज़हार करते हये सरकार का आभार जताया

धरने की अग्वाई कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कृमारी शैलजा और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मीडिया प्रभारी रणदीप स्रजेवाला ने की इसके बाद उपाय्क्त को ज्ञापन भी सौंपा गया

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्रीय ग़ह मंत्रालय दवारा जारी दिशा निर्देशों की पालना स्निश्चित की जा रही है उन्होंने कहा कि सभी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थ्कने पर भी प्रतिबंध रहेगा

श्री विज ने कहा कि जुर्माने लगाने के लिए अस्पतालों में मेडिकल अधिकारी नगर पालिकाओं में म्यूनिस्पिल इंजीनियर ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में प्लिस के थाना प्रभारी अधिकृत होंगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी

इयूटी पर तैनात प्लिस कर्मियों को मास्क दस्ताने व अन्य सुरक्षा उपकरण इत्यादि पहनने अनिवार्य होंगे विभाग द्वारा सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला दवारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को धान न लगाने की सरकार दवारा की गई अपील के विरूदघ किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर प्छे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि तालाबंदी के चलते केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियां सामूहिक रूप से नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जांच करवाएगी तथा यदि नियमों की उल्लघंना हुई है तो उनके विरूद्घ कार्यवाही की जाएगी

आज फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित एक मरीज़ की मृत्यु होने की जानकारी भी मिली है

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना महामारी को खत्म करने के लरि मिलजुलकर काम करने और जारी दिशा निर्देशों की सम्पर्ण और सहयोग की भावना से पालन करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि फिर भी हरियाणा की स्वस्थ होने की दर काफी बेहतर है सिरसा से हमारे संवाददाता ने डबवाली में पंजाब के मोगा निवासी एक महिला के कोरोना पोजिटिव पाये जाने की जानकारी दी है

महिला के परिवार के छ लोगों के नमूने लेकर उन्हें संगरोध केन्द्र में भेज दिया गया है

स्वास्थ्य विभाग ने उसे परिवार सहित एंकातवास मे रखा है उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ चंचल तोमर ने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उनके वार्डव गलियों में सैनेटाइज़र का छिड़काव किया जा रहा है

सिविल सर्जन डॉ अनिल बिरला ने कहा है कि जेल अधीक्षक को पत्रलिखकर उसके सम्पर्क में आने वाले सभी कैदियों और कर्मचारियों को भी एंकातवास में भेजने को कहा गया है अब एक अच्छी खबर पंचक्ला जिला आज कोरोना मुक्त हो गया है कल देर रात जिले के अंतिम मरीज़ की रिपोर्ट नेगीटिव आने के बाद उसे अस्पातल से छुटटी दे दी गई